लोकसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा

लॉकर से दो किलो सोना एक किलो चांदी और घर से शराब बरामद

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का ग्यारह सदस्यीय दल दो दिनों के बिहार दौरे पर आज पटना आ रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग की टीम इन दो दिनों में छह बैठकें करेगी

पहली बैठक राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पुलिस के नोडल पदाधिकारियों और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ होगी इसमें राज्य में विधि व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान करवाने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जायेगी वहीं दूसरी बैठक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ होनी है तीसरी बैठक में सभी व्यय नोडल पदाधिकारी उत्पाद विभाग आईटी परिवहन विभाग कामर्शियल टैक्स रेलवे और एयरपोर्ट के अधिकारी शामिल होंगे कल निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करेगी इसके बाद आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रदेश के चार आश्रय गृहों में बच्चों के शोषण को लेकर मुकदमा दर्ज किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने गया और भागलपुर के एक एक और मुंगेर के दो बाल गृहों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में इन आश्रय गृहों में बच्चों के शोषण की बात सामने आयी थी इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने प्ररे मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज की है प्राथमिकी में फिलहाल किसी को नामजद अभिय्रक्त नहीं बनाया गया है इन मामलों में बाल गृह के कर्मियों समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है आय से अधिक संपत्ति और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक संजय कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है निगरानी के पूलिस महानिरीक्षक रत्न संजय ने बताया कि पटना में श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी स्थित आवास से उसे गिरफ्तार किया गया मंगलवार को संजय कूमार सिंह के आवास और कार्यालय पर छापेमारी के दौरान एक करोड़ पैंतीस लाख़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति का खूलासा हुआ था साथ ही उसके आवास से शराब भी बरामद की गई थी उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी के घर से विदेशी मुद्रा और पैंतीस हजार रूपये मूल्य के प्राने नोट भी बरामद किये गये हैं वहीं उनके लॉकरों से दो किलो से अधिक सोना और एक किलो चांदी के साथ साथ निवेश संबंधी कई कागजात बरामद किये गये हैं इधर गिरफ्तार संयुक्त निदेशक पर विभागीय कार्रवाई को लेकर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कल उच्चस्तरीय बैठक की केन्द्र सरकार ने इस वर्ष स्कूलों के पाठ्यक्रम को दस से पन्द्रह प्रतिशत और अगले वर्ष पन्द्रह से बीस प्रतिशत कम करने का फैसला किया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है केन्द्र सरकार ने आयकर रिटर्न मिलने में लगने वाले समय को घटाकर एक दिन पर लाने के लिए लगभग चार हजार दो सौ बयालीस करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यह परियोजना अठारह महीने में पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जायेगी जबकि अभी इसमें तिरसठ दिन लग रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में चार हजार जूनियर इंजीनियरों की जल्द नियुक्ति होगी मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है उन्होंने कहा कि राज्य में चरणबद्ध तरीके से बीस हजार जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जायेगी बिहार विधान मंडल के आगामी बजट सत्र को लेकर विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उच्चस्तरीय बैठक की बैठक में सत्र के सुचारू संचालन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये ग्यारह फरवरी से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले दिन संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल लालजी टंडन विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान इस बार पूर्ण बजट पेश होगा श्री मोदी ने कहा कि बजट के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से विचार विमर्श किया जायेगा आज बजट पूर्व पहली बैठक नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ होगी वहीं आम लोग वित्त विभाग को ऑनलाईन और आफलाईन सुझाव दे सकते हैं तेज पछुआ हवा के कारण पिछले दो दिनों से लोगों को ठंड के साथ साथ कनकनी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के प्रभाव से मौसम के रूख में बदलाव हुआ है विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान यही स्थिति बनी रहेगी पटना में कल न्यूनतम तापमान पिछले आठ सालों के दौरान सबसे कम सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अपराधियों ने चार एटीएम से लगभग पैंतीस लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि मीठापुर स्थित एसबीआई के एटीएम से दस लाख रूपये सैदपुर स्थित केनरा बैंक के एटीएम से दस लाख सतहत्तर हजार शाहगंज में एसबीआई एटीएम से दस लाख अस्सी हजार और आलमगंज स्थित एसबीआई के एटीएम से साढ़े तीन लाख रूपये की लूट हुई है अपराधियों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि वैशाली सीतामढ़ी मुजफ्फरपूर मधेपुरा मुंगेर और कैमूर जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए एक सौ उनसठ करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चयनित योजनाओं को चौबीस महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है इंटर मेरिट लिस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को पटना उच्च न्यायालय ने तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है उसे गम्भीर बीमारी का इलाज कराने के जमानत दी गयी है भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार को ई मेल से जान से मारने की धमकी दी गई वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि मामले की जांच चल रही है पटना नगर निगम अगले तीन वर्षों में पटनासिटी में दो जगहों पर सत्रह सौ आवासीय फ्लैटों का निर्माण करवायेगा नगर निगम की उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया सहायक अभियंता की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से करवाने की मांग को लेकर बिहार अभियंत्रण संवर्ग के अभियंता आज और कल अवकाश पर रहेंगे नारकोटिक्स विभाग की टीम ने पटना जिले के मोकामा से एक ट्रक से आठ क्विंटल गांजा जब्त किया है बरामद गांजे की कीमत पचासी लाख रूपये बतायी जाती है मौके से दो तस्करों की गिरफ्तारी हुई है गांजा की यह खेप अगरतला से लायी जा रही थी मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में गिरफ्तार रामाशंकर सिंह को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई ने विशेष पॉक्सो अदालत में आवेदन दिया है पटना जिले के नौबतपुर नगर पंचायत अध्यक्ष कौशल कौशिक को विभिन्न सरकारी योजनाओं में राशि गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है पटना के एनएमसीएच स्थित जन औषधि केन्द्र पर औषधि विभाग ने छापेमारी कर कई ब्रांडेड कंपनियों की दवा बरामद की है बेगूसराय जिले के एकम्बा पंचायत अंतर्गत कांवड़ क्षेत्र में अगलगी की घटना में छब्बीस एकड़ में लगी गन्ने की फसल नष्ट हो गयी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है डीजीपी पोस्टिंग में राज्य सरकारों की मर्जी नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है अब एक दिन में प्रोसेस होगा आयकर रिटर्न प्रभात खबर ने लिखा है उद्योग विभाग के संयुक्त निदेशक के घर में मिली शराब हुए गिरफ्तार दैनिक भास्कर ने लिखा है गरीब सवर्णों के दस प्रतिशत आरक्षण के विरोध पर बोले रघुवंश संसद में हड़बड़ी में चूक हो गयी लालू नहीं है सवर्ण आरक्षण के विरोधी राष्ट्रीय सहारा लिखता है चार हजार जूनियर इंजीनियरों की होगी बहाली नीतीश आज ने कुंभ मेले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है विदेश में बसे भारतीयों का मेले में उमड़ा सैलाब

लोकसभा चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा

लॉकर से दो किलो सोना एक किलो चांदी और घर से शराब बरामद